मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें

उन्होंने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है श्री भूषण ने बढते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोविड संकमण में हाल की बढ़ोतरी के बीच सरकार का देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की योजना नहीं है

प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचने और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही है

चूरू जिले में संकमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अम्बडेकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि डॉ अम्बेडकर जीवनभर प्रतिकृलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलब्धियां हासिल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अम्बेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है प्रदेशभर में अम्बेडकर जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं करौली जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सवाई माधोपुर में इस मौके पर कलेक्ट्रेट के पास बाबा साहेब की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्पांजलि कार्यकम आयोजित किया जा रहा है

मुस्लिम समुदाय के लोग आज पहला रोजा रखेंगे कोविड महामारी को देखते हुये प्रदेश में सीमित धार्मिक आयोजन हो रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवित्र रमजान माह की शुरूआत पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है उन्होंने लोगों से कोविड गाइड लाइन की पालना करने की अपील भी की है

विभाग के अनुसार मौसम का यह असर दोपहर के बाद या शाम के समय रहेगा